उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्वस्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन आज राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल के नए हरित परिसर और एम्स भोपाल में कई सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन कल भोपाल पहुंचे एक ट्विट संदेश में उन्होंने कहा कि झीलों के शहर भोपाल पहुंचने पर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत के लिए हृदयतल से आभार भोपाल प्रवास के दौरान मैं एम्स भोपाल में विभिन्न नई सुविधाओं का श्भारंभ भी करूंगा उन्होंने बताया कि भोपाल हवाई अड्डे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा समेत अनेक नेताओं के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी विकास योजनाओं पर सार्थक चर्चा हुई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कल इन दोनों जिलों में सभा कक्ष में होने वाले आयोजनों में क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए सरकार ने कहा कि भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर सहित महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये विशेष सतर्कता बरती जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में कोविड कमांड सेंटरों को सक्रिय रखा जाए और पर्याप्त चिकित्सकों की सेवाएँ दी जाएं

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज बताया कि परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी शीघ्र उपलब्ध होगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हनर हाट का औपचारिक उदघाटन करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय अल्प संख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी भी मौजूद रहेंगे

पंचायत इनाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान है को दो लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कल सीहोर जिले के ग्राम खैरी सिलगेना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें एक साल से विवाद न हुआ हो और न ही कोई एफआईआर दर्ज हुई हो को भी दो लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सभी लोग पेड़ लगायें विशेष रुप से जब बच्चों का जन्म दिन हो या विवाह की वर्षगाँठ इससे पर्यावरण में सुधार आयेगा आजादी का अमृत महोत्सव देश के साथ ही प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के शौर्य स्मारक पर हुआ वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महू में आजादी का अमृत महोत्सव के षुभारंभ अवसर पर कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के निर्वहन करने का स्मरण कराता है गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अमृत महोत्सव का आगाज करते हुए कहा कि आजादी के मतवालों वीर शहीदों के बलिदान को सदैव अपनी स्मृति में बनाए रखें उनके बलिदान को भूले नहीं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा की शासकीय माध्यमिक शाला अन्नापूरा स्थित कुटी से जिले में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया

जन आंदोलन नावार्ड बैंक की मुख्य महाप्रबंधक टीएस राजी गैंग ने लोगों से कोविड से बचाव के लिये कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है

सागर में ओले भी गिरे

इसके अलावा ओले भी गिर सकते हैं

मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार शाम तक मौसम साफ हो सकता है तापमान में मामूली अंतर आ सकता है

वे स्वयं भी कुछ गांव में फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार